अपने परामर्श में मंत्रालय ने राज्यों से किसी भी जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए सभी संवेदनशील स्थानों पर गश्त तेज करने को भी कहा मंत्रालय ने आवश्यकतानुसार निषेधाज्ञा जारी करने को भी कहा है

इस योजना में जलपान गृह शौचालयों की सुविधा भ्रमण के लिए रास्ते साहसिक खेल व कैपिंग की सुविधाएं लेजर लाईट शो और कृत्रिम जलाशय आदि विकसित करने का प्रावधान रखा गया है

कंवर ने कहा है कि जिला परिषद बिलासपुर पंचायत समिति चौंतड़ा जुब्बल कोटखाई चम्बा जिले की ग्राम पंचायत कस्बा ककीरा शिमला जिले की धमून तथा कुल्लू जिले की बलगाड़ को दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है

उपायुक्त निर्वाचन प्रक्रिया में दिव्यांगों की भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श के लिए कांगड़ा के उपायुक्त संदीप कुमार ने अधिकारियों और स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ कल एक बैठक की उपायुक्त ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में दिव्यांगों को सक्रियता से जोड़ने तथा सुविधाजनक माहौल प्रदान करने पर प्रशासन जोर दे रहा है उन्होंने सभी पात्र दिव्यांगजनों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करने की जरूरत बताई

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने सीबीएसई पेपर लीक मामले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला दैनिक जागरण और हिमाचल दस्तक की एक जैसी सुर्खी है दसवीं का पेपर भी ऊना से हुआ था लीक पंजाब केसरी लिखता है ऊना के शिक्षक ने ही लीक किया था सीबीएसई गणित का पेपर दिव्य हिमाचल के शब्द हैं दिल्ली काइम ब्रांच ने किया खुलासा तीन और गिरफ्तारियां दैनिक भास्कर का शीर्षक है यूनियन बैंक के मैनेजर हेड कैशियर और चंडीगढ़ की महिला गिरफ्तार वाहनों में बच्चे ठूंस ठूंस कर भरे तो स्कूल की मान्यता रद्द शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है शिक्षा विमाग ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए जारी किए निर्देश जबकि हिमाचल दस्तक के शब्द हैं स्कूलों से हटेंगी पुरानी बसें नूरपुर बस हादसे के बाद सरकार ने कसा शिकंजा अजीत समाचार ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है स्कूल वाहन चलाने वाले को पांच साल का अनुभव हो जबकि आपका फैसला का शीर्षक है बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं अमर उजाला की एक खबर है डिपुओं में अब नहीं मिलेंगे काले मसर राजमाह और सफेद चने सरकार ने सात की जगह अब चार में से तीन दालें चुनने का दिया विकल्प

इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है विघायक जिया लाल को नोटिस गैस एजेंसी बदलने का मामला प्रदेश सरकार से भी मांगा जवाब दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के बयान को शीर्षक दिया है मेरे परिवार से राजनीति में कोई नहीं आएगा दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है भाजपा को सांसद शांता के विकल्प की तलाश प्रत्याशियों के चयन से पहले भाजपा जानेगी जनता की राय इसी समाचार पत्र के मुताबिक समुद्री लुटेरों के चंगुल से छूटे युवाओं से सीएम ने की बात सुशील ने नूरपुर बस हादसे के शिकार मासूमों को समर्पित किया गोल्ड मैडल शीर्षक से खबर को दिव्य हिमाचल ने सचित्र प्रकाशित किया है अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय नाहन के डेढ़ सौ साल में लिखा है कि हर शहर को अपना लोगो बनाकर वार्षिक स्थापना समारोह मनाना चाहिए ताकि नागरिक समाज अपने परिवेश का सम्मान करना सीखे